मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा प्रदेश में कोरोना की स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में लेकिन हर स्तर पर सतर्कता बरतना जरूरी केन्द्र ने राज्य सरकारों के इस प्रस्ताव को खारिज किया कि लॉकडाउन के दौरान उत्पादन में हुये नुक्सान की भरपाई के लिये फैक्ट्रियों में काम के घंटे बढ़ाये जाये मौसम विभाग ने आज और कल प्रदेश के कई जनपदों में वर्षा तथा ओलावृष्टि की जताई संभावना

चौरी चौरा की ऐतिहासिक घटना के आज सौ वर्ष पूरे हो रहे हैं प्रधानमंत्री चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव को समर्पित एक डाक टिकट भी जारी करेंगे प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट संदेश में कहा कि चौरी चौरा की घटना हमारे स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखती है मृख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस अवसर पर चौरी चौरा में आयोजित होने वाले मृख्य कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे और विवरण हमारे संवाददाता से चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव के तहत साल भर तक चलने वाले समारोहों की शुरूआत आज से हो जाएगी स्कूली छात्र प्रदेश के समी पवहत्तर जिलों में सुबह साद्वे आठ बजे से प्रभात फरियां निकालेंगे

लोग अपने निकटतम शहीद स्थलों पर जाएंगे और महान स्वतंत्रता सेनानियाँ को श्रद्धांजलि देंगे पुलिस बैंड शहीद स्मारकों पर राष्ट्रष्ट्युन बजाएंगे

आज के मुख्य कार्यक्रम का सजीव प्रसारण भी इस वेबसाइट पर किया जाएगा इस बीच राष्ट्रगीत वंदेमातरम के गायन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्स में शामिल कराने के प्रयास तेज हो गये हैं लोग सलामी की मुद्रा में वंदेमातरम गाते हुए अपने वीडियो बड़ी संख्या में चौरीचौरामहोत्सवर्डॉटआईएन पर अपलोड कर रहे हैं

आकाशवाणी समाचार के लिए गोरखपुर से आदित्य शुक्ला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में कोविड संक्रमण की स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में हैं उन्होंने कहा कि संक्रमण की दर में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की जा रही है लेकिन इसके बावजूद हर स्तर पर पूरी सावधानी बरतने की आवश्यकता है मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड प्रोटोकाल के अनुपालन में किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाये मुख्यमंत्री कल लखनऊ में एक उच्चस्तरीय बैठक के दौरान कोविड अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना से बचाव और उपचार की प्रभावी व्यवस्था बनाये रखी जाये तथा कांटेक्ट ट्रेसिंग और सर्विलांस का कार्य लगातार जारी रखा जाये मुख्यमंत्री ने जनपदों में स्थापित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेन्टर को पूरी सक्रियता से चलाने के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि विधानमंडल के आगामी सत्र से पहले सभी सदस्यों और कार्मिको का कोविड टेस्ट करा लिया जाये मुख्यमंत्री ने कहा कि आज और कल वैक्सीनेशन अभियान का कार्य भारत सरकार की गाइड लाइन और मानकों के अनुरूप संचालित किया जाये

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश सरकार के प्रयासों से पिछले चार वर्षो में बाढ़ से होने वाली जन धन हानि को रोकने में सफलता मिली है उन्होंने कहा कि ड्रेजिंग के माध्यम से नदियों को चैनलाइज करने के अच्छे परिणाम मिले हैं मुख्यमंत्री कल लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान एक सौ छियालीस बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं का लोकार्पण और एक सौ सत्तर नई बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं का वर्चअल माध्यम से शिलान्यास कर रहे थे उन्होंने कहा कि जनता को बाढ़ की विमीषिका से बचाने के लिये समय रहते स्थाई समितियों की बैठक कर बाढ़ नियंत्रण की कार्य योजना बनाकर लागू की गई उन्होंने कहा कि राज्य में कूल चालीस जनपद संवेदनशील है जिनमें से चौबीस अति संवेदनशील और सोलह संवेदनशील है उन्होंने कहा कि बाढ़ नियंत्रण के लिये समय से किये गये उपायों के द्वारा जनधन की हानि को रोका जा सकता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के तहत धान खरीद का कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी उपज खरीद के बहत्तर घटे के भीतर भुगतान सुनिश्चित किया जाए श्री योगी ने गेहूं खरीद के लिए भी सभी व्यवस्थाए समयबद्व ढंग से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री कल लखनऊ में एक उच्चस्तरीय बैठक में विभिन्न विमागों के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे श्री योगी ने प्रदेश में चल रहे वरासत अमियान की प्रगति की भी समीक्षा की उन्होंने कहा कि निर्विवाद उत्तराधिकार को खतौनियों में दर्ज करने की कार्यवाही निर्धारित समय सारणी के अनुसार सुनिश्चित की जाए केन्द्र सरकार ने लॉकडाउन के दौरान उत्पादन में हुई कमी की भरपाई के लिए कारखानों में काम करने के घंटों को बढ़ाने के विभिन्न राज्य सरकारों के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कल राज्य सभा में लिखित उत्तर में बताया कि उनके मंत्रालय को काम करने के घंटों को बढ़ाने के लिए कारखाना अधिनियम उन्नीस सौ अड़तालिस के मौजूदा प्रावधानों को संशोधित करने से संबंधित विमिन्न राज्यों से अध्यादेश और विधेयक के मसौदे प्राप्त हुए थे उन्होंने कहा कि मंत्रालय ने इन प्रस्तावों पर सहमति नहीं दी है एशिया के सबसे बड़े ऐरो शो ऐरो इंडिया का कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु में उद्घाटन किया इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने स्वदेशी हथियार प्रणालियों और साजों सामान के डिजाइन तथा निर्माण में भारत की बढ़ती उपस्थित का उल्लेख किया उन्होंने देश के नागरिक उड्यन क्षेत्र की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए रख रखाव तथा मरम्मत कार्य से जूड़े वास्तविक साजो समान निर्माणकर्तओं तथा एजेंसियों को आमंत्रित किया रक्षामंत्री ने कहा कि दो हजार चौबीस तक ऐरोस्पेस और रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में एक लाख पचहत्तर हजार करोड़ रुपये का करोबार का लक्ष्य है उन्होंने कहा कि भारत के पास स्वदेशी रक्षा साजो सामान को निर्यात करने की क्षमता है रक्षामंत्री ने कहा मेक इन इंडिया से मेक फॉर दी वर्लड यानी विश्व के लिए निर्माण करने का सफर है राज्य में कोरोना संक्रमण लगातार घट रहा है और पिछले चौबीस घंटों के दौरान यहां संक्रमण एक सौ सन्तानबे नये मामले आये हैं और इसी दौरान चार सौ इकत्तीस लोग कोरोना से ठीक हो गये अब तक राज्य में क्ल पांच लाख सत्तासी हजार तीन सौ अन्ठानबे कोरोना के मरीज स्वस्थ हो चुके हैं अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कल लखनऊ में बताया कि अब तक प्रदेश में दो करोड़ बयासी लाख ग्यारह हजार चार सौ उन्सठ कोरोना के नमूनों की जांच की गई है इस समय राज्य में चार हजार सात सौ पैंसठ कोरोना के सक्रिय मामले हैं जिनमें से एक हजार दो सौ पन्द्रह लोग होम आइसोलेशन में अपना इलाज करा रहे हैं ई संजीवनी के माध्यम से प्रदेश में क्ल चार लाख इकहत्तर हजार बावन लोगों ने चिकित्सीय परामर्श लिया है इस बीच हमीरप्र जनपद कोरोना मुक्त हो गया है और वहां कोरोना के नये मामले सामने नहीं आ रहे हैं तथा इस समय वहां कोई भी कोरोना संक्रमण का संक्रिय रोगी नहीं है गौरतलब है कि प्रदेश का कौशाम्बी जनपद पहले ही कोरोना मुक्त हो चुका है मौसम विमाग ने आज और कल प्रदेश के कई जनपदों में गरज चमक के साथ वर्षा होने की संभावना व्यक्त की है मौसम बुलेटिन के अनुसार गौतमबुद्धनगर गाजियाबाद बुलन्दशहर बागपत मेरठ बिजनौर हापुड़ पीलीमीत बरेली रामपुर सहारनपुर मुरादाबाद अमरोहा बदायू संभल शाहजहापुर मुजफ्फरनगर बहराइच हरदोई सीतापुर और शामली तथा आसपास के क्षेत्रो में गरज चमक के साथ वर्षा का पूर्वानुमान है वहीं प्रदेश के बुलन्दशहर बागपत मेरठ बिजनौर हापुड़ बरेली रामपुर शाहजहांपुर पीलीमीत अमरोहा बदायू संभल सहारपुर मुजफ्फरनगर और बहराइच तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में ओलावृष्टि की संभावना जताई है